अपने बजट भाषण की शरूआत करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि उन्होंने कृषकों महिलाओं छात्रों युवाओं और व्यापारियों के सुझाव और विचारों को ध्यान में रखकर एक समावेषी बजट बनाने का प्रयास किया है मुख्यमंत्री ने सात संकल्पों के जरिये बजट की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया

उन्होंने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ कडी कार्रवाई के लिए ऑथोरिटी बनायी जायेगी और फास्टट्रेक कोर्ट खोले जायेंगे

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर षिक्षक कैडर के सजन की बात भी कही गयी है

श्री गहलोत ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के उपचार के लिए अब निजी अस्पताल भी बाध्य होंगे

किसानों में आय में बढोतरी के प्रयासों का जिक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही राजस्थान राज्य कृषि उपज तथा राजस्थान कृषि उपज संविदा खेती तथा सेवायें अधिनियम लाये जायेंगे

बजट में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के उत्थान और कल्याण के लिए राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा की गयी है

बजट के बाद मीडिया से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों में सभी प्राथमिकताओं का ध्यान रखा गया है विधानसभा में आज पेश राज्य बजट पर मिलीजुली प्रतिकिया हुई है सत्तापक्ष ने जहां बजट का स्वागत किया है वहीं विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया है

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि कृषि के लिए किए गए प्रावधानों से प्रदेश में खेती का क्षेत्र और फसल उत्पादन बढेगा तथा काश्तकार समुद्ध होंगे प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले साल की बजट घोषणाएं अमे तक पूरी नहीं हुई हैं और नई घोषणाओं के लिए बजट कहां से आयेगा इसका कोई रोडमैप नहीं है

प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि श्री गहलोत पूरे भाषण में केंद्र सरकार को कोसते नजर आये उन्होंने कहा कि पूरे बजट में मुख्यमंत्री ने शब्दों की बाजीगरी में कोई कसर नहीं छोडी व्यापार और उद्योग जगत ने बजट पर मिली जुली प्रतिकिया दी है जयपुर की एक आईटी कंपनी के अध्यक्ष और फिक्की ने कहा कि राज्य सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बजट को अच्छा कहा जा सकता है

विधानसभा में आज मुख्यमंत्री के बजट भाषण शुरू करने से ठीक पहले इस मामले को लेकर राष्टीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य नारेबाजी करते हुए वैल में आ गये कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस मामले की निंदा की और राज्य सरकार से कड़े कदम उठाने को कहा मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर इस मामले को भयावह बताया उन्होंने कहा कि तुरंत कदम उठाते हुए इस मामले में सात लोगों को गिरफतार किया गया है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अपराधी बच नहीं पायेंगे और उन्हें कानून के अनुसार सजा मिलेगी तथा पीड़ितों को न्याय मिलेगा

उर्स में सुरक्षा व्यवस्था के लिए साढे पांच हजार से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे